सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन प्रेशर स्विंग एडजॉर्पशन मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में विन्हित सरकारी अस्पतालों में यह सयंत्र लगाए जाएंगे इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन की कमी की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी केन्द्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिये हैं सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है

केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बह्त बढ़ोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है

इन दोनों में से एक भी रिथित वाले जिलो में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं

मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा स्पष्ट निर्धारित की जाएगी और नियंत्रण के कडे उपाय किए जाएगे ताकि संक्रमण बाहर न फैले सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा सुप्रसिद्द शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है बनारस की कंठ संगीत परंपरा के अप्रतिम प्रतिनिधि और शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में खयाल गायिकी की मशाल प्रज्जवलित करने वाले पंडित राजन मिश्र ने वार सौ साल पुराने बनास घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने दादा पंडित बड़े रामजी मिश्रा और पंडित हनुमान मिश्र से ग्रहण की

पदम विष्णण राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार संस्कृत अवार्ड गंवर्ष सम्मान और अनगिनत संगीत पुरस्कारों से सम्मानित राजन मिश्र का गायन सर्वदा संगीत मर्मज्ञा को झंकृत करता रहेगा

मतदान आज सुवह सात बजे शुरू हुआ था